एंटी पी आर सी आंदोलन के दौरान रिपोटर्स द्वारा खूद की पहचान बताए जाने के बावजूद भी कई मिडिया कर्मियों को न सिर्फ जुबानों तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया बल्कि उनके साथ हाथापाई भी की गई सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर मिडिया कर्मियों से केमरा मोबाइल फोन मेमोरीकार्ड भी छीन लिए

ईस्ट कामेंग जिला उपायुक्त गौरव सिंह रजावत द्वार भोजन स्टॉल और इंडिजिनियस खेल प्रतियोगिता के उदघाटन के साथ ही त्यौहार का श्रभारंभ हुआ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होते हुए जिला उपायुक्त ने कहा की निशी समुदाय की समुद्ध संस्कृतिक धरोहर है और निशी जनजाती के लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को संजोकर रखना चाहिए उन्होंने जिले के लोगों से महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल होने को कहा ताकि जिले की छवि को और बेहतर बनाया जा सके

कार्यशाला के दौरान रिसर्स पर्सन ने तनाव के कारकों से संबंधित मुद्दे जो आत्महत्या की प्रवृत्ति की और ले जाते है और आत्मघाटी लोगों के सोच प्रक्रिया पर रोशनी डाली रिसर्स पर्सन ने यौन उत्पीड़न के विभिन्न रुप और उससे जुड़े मिथक और संदेह पर भी बात की इन मुद्दों पर सुधारक उपाय और उपचार के लिए सुझाव भी विचार विमर्श का भाग रहा

नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में यूनाईटेड नेशन्स ग्लोबल कमपेक्ट नेटवर्क इंडिया के कार्यकारी निदेशक कमल सिंह ने श्री हिबु को पुरस्कार से सम्मानित किया

लोकसभा से इस संबंद्ध में विधेयक पारित होने के बावजूद राज्य सभा की मंजूरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना जरुरी हो गया था पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी इन संशोधन में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंधन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है अध्यादेश में आधार अधिनियम से संबंधित बदलवों को प्रभावी बनाया गया है संशोधनों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार उपलब्ध न कराने वाले किसी व्यक्ति को किसी तरह की सेवा प्रदान करने से इंकार नहीं किया जा सकता चाहे वह बैंक खाता खोलने से जुड़ी हो या मोबाइल फोन के सिम कार्ड के बारे में हो

इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में प्रजा अर्चना और भगवान शिव के जलाभिषेक का विशेष आयोजन किया गया है हजारों श्रद्धालू इस अवसर पर विभिन्न तीर्थस्थलों पर स्नान कर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रिकी बधाई दी है उन्होंने अपने संदेश में लोगों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है

आज का अधिकतम तापमान ईक्कीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पंद्रह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया